अभी तक किसी न्कसान का समाचार नहीं है

पार्टी का कहना है कि विपक्ष के पास न तो कोई नेता है और न ही कोई नीति उनका एजेंडा केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सता से आने से रोकना है आज नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में पार्टी ने विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया है पार्टी के वरिष्ठ नेता व केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के पास दृष्टि है और देश के विकास की परिकल्पना भी

श्री जावड़ेकर ने ये भी कहा कि गत चार वर्षो में देश में आंतरिक स्रक्षा की स्थिति में भी स्धार हआ है जम्मू कश्मीर में आंतकवाद कम हुआ है और नकसलवाद का प्रभाव भी दिन व दिन कम हो रहा है सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक ने कहा है कि रेलवे स्टेशन पर जल्द ही आम लोगों केा स्व चलित सीधीयों यानि एस्केलेटर की सौगात दी जायेगी इसमें ब्ज्र्गो दिव्यांगों और बच्चों को रेलवे स्टेशन पर एक तरफ से दसूरी तरफ जाने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा उन्होंने बंताया कि रेलवे स्टेशन के विकास पर पिछले चार वर्षो में सात करोड़ रूपये से अधिक खर्च किए जा चूके है और अब से देश के ए श्रेणी के स्टेशनों में शामिल बेहतरीन जकंशन स्टेशन बन चुका है सांसद के कहा कि प्रानी मंडी की तरफ से लोगों के आने जाने के लिए जल्द ही रेलवे फ्ट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य भी शुरू किया जायेगा और इस ब्रिज पर दुपहिया वाहनों के निकलने का रास्ता भी तैयार किया जायेगा उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन के म्ख्य फ्ॅट ओवर ब्रिज पर जल्द ही एक्सेलेटर का कार्य भी श्रू होगा इससे सभी प्लेटफार्मो पर आर पार जाने के लिए यात्रियों की स्विधा होगी गुरूग्राम में लोगों को सस्ते दामों पर उचित इलाज देने के लिए आज आरोग्य केन्द्र का उदघाटन किया गया इस मौके पर म्ख्य अतिथि उड़ीसा के राज्यपाल गणेशीलाल रहे और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कार्यक्रम में शिरकत की आध्निक स्विधाओं से लैस इस लैब में खून जांच एक्स रे एमआरआई अल्ट्रासांउड ईसीई इको डायलसिस सिटी स्कैन की सुविधा प्रदान की जायेगी रेवाड़ी के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज स्बह एक तेज़ र फ्तार कार व भिड़त हो गई जिसमें एक दो वर्षीय बच्चे सहित छ लोगों की मृत्य् हो गई एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई जिसे उपचार के लिए रोहतक भेज दिया गया है सूचना के बाद उप पुलिस अधीक्षक सुरेश हडडा पुलिस बल के साथ मौके पर पहंचे पुलिस कर्मियों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर बावल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहंचाया कार सवार सभी लोग जयप्र के समीप एक धाम की यात्रा के बाद दिल्ली लौट रहे थे

प्लिस ने मामला दर्ज कर शवों का पोस्ट मार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया

सोनीपत में आज छ्ट्टी की मस्ती वाला राहगिरी कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण को समर्पित हरा बच्चों और बड़ो ने गीतों की ध्नों पर नाच गाना किया कबड्डी रस्साकसी जैसे खेलों में हर किसी ने हाथ अजमाया कार्यक्रम की समाप्ति पर प्रत्येक व्यक्ति को एक एक पौधा दियागया और सभी ने इस पौधे को रोपने का संकल्प लिया उपाय्क्त विनय सिंह ने और नगर निगम के उप निगम आय्क्त रोहताश बिश्नोई ने राहगिरी कार्यक्रम की विधिवत तौर पर श्रूआत की प्लिस विभाग के कर्मचारियों ने भी बड़ी संख्या में शिरकत की यमुनानगर जिला एवं प्लिस प्रशासन और जनता ने मिलकर आज राहगिरी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यम्नागर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा रहे कार्यक्रम की अध्यक्षता उपाय्क्त गिरीश अरोड़ा व प्लिस अधीक्षक क्लदीप सिंह ने की प्रशासन और पुलिस अधिकारियों नागरिकों स्कूली बच्चों और समाज सेवियों आदि सैंकड़ो प्रतिभगियों ने राहगिरी कार्यक्रम में जमकर मौज मस्ती की व अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि ये कार्यक्रम बह्त सुंदर व प्ररेणादायक है अम्बाला प्लिस अधीक्षक अशोक क्मार ने बताया कि मार्किट रोड अम्बाला शहर के नज़दीक राहगीरी कार्यक्रम के दौरान लोगों व स्कूली बच्चों ने पारस्परिक खेलों जैसे खो खो फिटो रस्सा खिचाई हर्डल रेस इत्यादि मनोरंजन खेलों का लुत्फ उठाया इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करके उपस्थित लोगों व बच्चों को जाग़त किया गया म्ख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि हरियाणा के खिलाड्रियों ने अपनी मेहनत के दम पर पूरी द्दनिया में प्रदेश का नाम रोशन किया है सोनीपत में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गांवों में व्यायामशालाएं खोलने का निर्णय लिया है और चार सौ अधिक गांवों में इनका श्भारंभ भी हो च्का है खिलाडियों को सम्बोधित करते हए श्री जैन ने कहा कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भी खिलाडिय़ों के लिए बेहतरीन स्विधाएं दी गई है एशियाई खेलों में म्क्केबाज़ी के स्वर्ण पदक विजेता अमित पंघाल का भिवानी जिले के गांव बामला पहंचने पर ग्रामीणों ने ज़ोरदार स्वागत किया उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया समारोह का आयोजन मनोज बल्लू बामलिया ने किया म्क्केबाज़ अमित पंघाल ने उन्चास किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्णपदक जीता है अमित पंघाल ने कहा कि इन्हे जो मान व सम्मान ग्रामीणों ने दिया वे उनको याद रखेंगे और भविष्य में अधिक से अधिक पदक लाकर देश की झोली में डालेंगे आज झज्जर में शाम चार बजकर सैंतीस मिनट पर भूंकप के के झटके महसूस किए गए लोग घरों व द्कानों से बाहर भागते दिखाई दिए सोनीपत व चरखी दादरी में भ्रंकंप के झटके आये इसके चलते अभी तक किसी न्कसान की कोई खबर नहीं है अम्बाला जिला प्रशासन की अपील पर जिला वासियों ने केरल के बाढ़ पीडि़्मों की सहायता के लिए आज राहत सामग्री के पांचवे ट्रक को रवाना किया

उन्होंने बताया कि समाज सेवा में जिला अम्बाला अग्रण्ी रहा है

इस पेंशन अदालत में सभी पेंशनर अपनी शिकायतें व समस्याएं डी पी डी ओ कार्यालय अम्बाला छावनी के कार्यालय में पंजीकृत करवा सकते है